भारतीय जनता पार्टी ने कहा पार्टी कानूनी तरीके से अयोध्या में भव्य राममंदिर बनाने को प्रतिबद्द प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षा परिणाम की चिंता किये बिना सफल जीवन के लिए ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल प्रयागराज कुंभ में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिये छह सौ किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेस वे समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने कल लखनऊ में मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों के कार्यो की समीक्षा की मीडिया इकाईयों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर केन्द्र ने कल अयोध्या में विवादित स्थल के आसपास की अधिग्रहित सड़सठ एकड़ जमीन इसके मूल स्वामियों को लौटाने की उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगी है केन्द्र ने याचिका में कहा है कि वह दो दशमलव सात सात एकड़ विवादास्पद भूमि के आसपास की सड़सठ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुका है याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिग्रहीत की गई अतिरिक्त भूमि इसके मूल स्वामियों को वापस करने की मांग राम जन्मभूमि न्यास ने की थी इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्द है पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा

यह बहत बड़ी पहल है

वे कल नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या कि उस क्लास की परीक्षा है अगर एक बार मन में तय करें कि भई ये एग्जाम दसवीं कक्षा की है यह एग्जाम बाहरवीं कक्षा की है ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है अगर इतना सा हम सोच लें तो हमारा जो भार है बोझ है वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें मेरा अभिभावकों से भी आग्रह है कि कही ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे उन्हें उनकी प्रतिभा और रूचि के अनुसार फैसला लेने में मदद करें एक प्रश्न के उत्तर में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए आप उसको धीरे धीरे टेक्नॉलोजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइये और उसको लगना चाहिए कि यो बच्चा गलत रास्ते पर जाने की बजाए समय बर्बाद करने के बजाए खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाए और मैं समझता हूं जो राह प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें बच्चों में निराशा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक है उन्होंने कहा कि तनाव से बचने के लिए परामर्श लेना बुरी बात नहीं है बल्कि इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल कुवैत सऊदी अरब जैसे देशों से भी विद्यार्थी भाग ले रहे थे कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा की पूर्णतिथि पर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद कर रहा है दिल्ली के राजघाट में श्रद्वाजंति का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोग आज राष्ट्रपिता के मूर्तियों और चित्रों पर मात्यार्पण कर के उन्हें श्रद्वास्मन अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल प्रयागराज कुंभ में हुई ऐतिहासिक बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिये छत्तीस हजार करोड़ रुपये लागत के चार लेन वाले गंगा एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दे दी है

ये गंगा एक्सप्रेस वे यहां मेरठ अमरोहा बुलंदशहर बदायूं शाहजहांपुर फर्रुखाबाद हरदोई कन्नौज उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी ये एक्सप्रेस वे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा इसके अलावा बैठक के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये बैठक में फिल्म उरी को स्टेट जीएसटी से मुक्त करने का भी निर्णय लिया गया श्री योगी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइंक पर आधारित फिल्म उरी राष्ट्र प्रेम तथा भक्ति पर आधारित है देश के आम नागरिकों और नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो इसके लिये इसे जीएसटी मुक्त किया गया है बैठक में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कार्यो हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगा दी सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है कल लखनऊ में सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों की समीक्षा बैठक के बाद श्री खरे ने कहा कि सरकार के कार्यो को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाने के लिये सभी इकाईयों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है श्री खरे ने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना की समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे अट्ठासी वर्ष के थे श्री फर्नान्डीज का अंतिम संस्कार आज किया जायेगा श्री जार्ज फर्नाडीस का जन्म कर्नाटक में मंगलूरु में हुआ था वे उन्नीस सौ सत्तर के दशक में समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उमरे और बिहार में समता पार्टी के गठन से पहले जनता दल के नेता रहे नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे श्री फर्नान्डीज ने केन्द्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया

हमारे देश के प्रर्व रक्षामंत्री श्रीमान जॉर्ज फर्नांडीज उनका निधन हो गया वे एक जुझारू नेता थे आपातकाल में इमरजैसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहत बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने मैं अभार पूर्वक जॉर्ज साहेब को श्रद्दासमन अर्पित करता हूं प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री फर्नाडीस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी श्री फर्नांडीस के निधन पर शोक जताया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं इस दौरान वह कानपुर और लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे